कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा सरकार ने सही वक्त पर सही कदम उठाये

उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के मामले में सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाये है और कोरोना महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने में सफलता प्राप्त करते हुए दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया

इस अवसर पर राजधानी भोपाल में मुख्य समारोह लालपरेड मैदान पर कोरोना के निर्देशों के पालन के साथ आयोजित किया जायेगा जिलों में भी कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह आठ बजे भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे साथ ही भारतमाता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित होगा हालांकि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे वहीं होशंगाबाद में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आजादी का जश्न मनायेंगे सीएम संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और श्भकामनाएं दी हैं श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश शीघ्र ही समृद्ध विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश की पहचान बनायेगा और सरकार सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य हासिल करेगी उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि प्रदेश के नागरिक वर्तमान कोरोना की चुनौती का साहस से सामना करते हुए प्रदेश की प्रगति के लिए सहभागी बनेंगे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है

उन्हें आज इंदौर के अरविंदो अस्पताल से छुट्टी दी गई

कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि परिषद की बैठक हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न होने वाली यह तीसरी वर्चुअल बैठक थी

बैठक में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर और अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में विधि अधिकारियों के नवीन पदों के सुजन का भी अनुसमर्थन किया

मौसम प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश हुयी इस बीच कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गयी

बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बीते तीन दिन से जारी बारिश के चलते मुलताई क्षेत्र में बने जिले के सबसे बड़े पारसडोह जलाशय के तीन चंदोरा के चार और सारणी स्थित सतपुड़ा जलाशय के सात गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है जिसके चलते ग्रामीणों को अलर्ट रहने को कहा गया है उधर सतना जिले में नाले में बहे एक युवक की शव पुलिस ने बरामद कर ली है रायसेन जिले के सिलवानी में कल शाम हई तेज बारिश से बेगम नदी ऊफान पर आ गई हरदा जिले में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ पन्ना और होशंगाबाद में भी रूक रूककर बारिश का सिलसिला जारी है

इसका मुख्य उद्देश्य इस महामारी के समय सभी नियमों का पालन करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके संस्था एक्शन अगेंस्ट हंगर ने समुदाय स्तर पर अति कम वजन के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को राशन किट उपलब्ध कराया है पीएम फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों के बीमा कराने से वंचित रहे इन्दौर सहित प्रदेश के किसानों को फसलों को बीमा कराने का एक और अवसर दिया जा रहा है

कृषि विभाग से प्राप्त जानकरी के अनुसार ऐसे अऋणी किसान जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है उन्हें एक मौका दिया जा रहा है

कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अभ्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन ऑनलाइन ही किया जायेगा ऑनलाइन कांउसलिंग से संबंधित सभी जानकारी काउसंलिंग प्रक्रिया सहायता केन्द्रों की सूची पाठ्यक्रमवार संस्थाओं की सूची समय सारणी आदि एमपी ऑनलाइन पर उपलब्ध है

आज उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है

इस दौरान कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं पर फीडबैक भी लिया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है